राज्योत्सव छत्तीसगढ़ राज्य के बीसवें स्थापना दिवस पर एक नवंबर से राजधानी रायपुर में राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा साईंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्योत्सव तीन नवंबर तक चलेगा इस वर्ष राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ के ही कलाकारों को प्रस्तुतियों के लिए आमंत्रित किया गया है तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकार शास्त्रीय नृत्य वादन गायन के साथ गीत गजल और सुगम संगीत पेश करेंगे साथ ही राज्य की लोक संस्कृति पर आधारित पंथी गेड़ी गौरी गौरा करमा गौर धुरवा सुआ नृत्य सरहुल नृत्य सैला नृत्य राउत नाच और ककसार नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा राज्योत्सव का शुभारंभ परसों एक नवम्बर को शाम सात बजे कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी वहीं दो नवम्बर को राज्यपाल अनुसुईया उइके राज्योत्सव की मुख्य अतिथि होंगी आयोजन के समापन कार्यक्रम में तीन नवंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित रहेंगे इस वर्ष राज्योत्सव के दौरान तीनों दिन राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किए जाएंगे राज्योत्सव अवकाश इस बीच राज्य सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक नवम्बर को प्रदेश के सभी जिलों में शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं के लिए सामान्य अवकाश घोषित किया है इससे पहले राज्य स्थापना दिवस के दिन केवल रायपुर जिले के सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था राज्य सरकार ने इसमें संशोधन कर नया आदेश जारी किया है गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के डिजिटल असाक्षरों के लिए नवाचारी कार्यक्रम गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ आज से शुरू हो गया है इसके तहत डिजिटल असाक्षरों को डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल का तरीका सिखाया जाएगा साथ ही प्रशिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी किया जाएगा राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के नोडल अधिकारी प्रशांत कुमार पाण्डेय ने यह जानकारी दी है उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान पंद्रह से साठ आयु समूह के लोगों को कम्प्यूटर मोबाइल सहित डिजिटल डिवाइस को चलाना टेबलेट इंटरनेट सर्च इंजन ई मेल सोशल मीडिया फेसबुक ट्वीटर व्हाट्सअप का उपयोग करना सिखाया जाता है इसके साथ ही ऑनलाइन भुगतान ऑनलाइन बुकिंग रेल बस टिकिट बुक करना मोबाइल टीवी रिचार्ज बिजली बिल आदि का भुगतान तथा विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन फार्म भरने का प्रशिक्षण भी दिया गया है यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता के तहत संचालित किया जा रहा है प्रशिक्षण के दौरान अब राज्य के छत्तीस ई साक्षरता केन्द्रों में दो दिवसीय ऑनलाइन बाह्य मूल्यांकन किया जाएगा कल तक चलने वाले इस कार्यक्रम में एक हजार से अधिक शिक्षार्थी शामिल होंगे केन्द्र शिशु दूध केन्द्र सरकार ने वर्ष दो हजार पच्चीस तक देश के कम से कम सत्तर प्रतिशत शिशुओं को मां का दूध उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है बाद में इसे बढ़ाकर सौ प्रतिशत किया जाएगा ब्राजील में मातु दुग्ध बैंक की सफलता से प्रेरित होकर भारत ने भी ऐसा ही व्यापक नेटवर्क बनाने का फैसला किया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने ब्राजील में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन से लौटने के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी सुपेबेड़ा मंत्री बयान आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने नकली शराब की वजह से गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा के ग्रामीणों को किडनी की बीमारी होने की बात कही है उन्होंने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को गांव में नकली शराब की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा है कि दूषित पानी के अलावा ओडिशा की नकली शराब पीने की वजह से स्थानीय ग्रामीण किडनी की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं

यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान देने और भारत को मजबूत तथा एकजुट बनाने के क्षेत्र में दिया जाएगा पुरस्कार की घोषणा कल सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर की जाएगी सरदार पटेल की जयंती के मौके पर कल छत्तीसगढ़ सहित देशभर के सभी शासकीय कार्यालयों में राष्ट्रीय एकता की शपथ ली जाएगी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कल जांजगीर में सरदार वल्लभभाई पटेल उद्यान में उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे इसके साथ ही मुख्यमंत्री कचहरी चौक में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भी शामिल होंगे वहीं राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय एकता और अखंडता में सरदार पटेल का योगदान विषय पर कल एक परिसंवाद का आयोजन किया जाएगा यह कार्यक्रम सुचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्य करने वाले पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो रायपुर तथा प्रेस क्लब के सहयोग से आयोजित किया जाएगा प्रेस क्लब में आयोजित इस परिसंवाद की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर करेंगे वक्ता के रूप में वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसदकर गिरीश पंकज और सुभाष मिश्रा अपने विचार व्यक्त करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर कल दुर्ग में भी सुबह आठ बजे से एकता के लिए दौड़ का आयोजन किया जाएगा यह दौड़ मानस भवन से शुरू होकर एकता चौक में संपन्न होगी इसमें स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ एनसीसी एनएसएस के कैडेट्स नेहरू युवा केन्द्र होमगार्ड और पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र के प्रतिनिधियों के अलावा आम नागरिक भी शामिल होंगे माओवादी गिरफ्तार कांकेर जिले में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने तीन माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है

न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की एकल खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की याचिकाकर्ता सुखदास नाग ने उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति द्वारा उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किये जाने के निर्णय को चुनौती दी है यचिकाकर्ता के अनुसार वे बस्तर का मूल निवासी होने के साथ ही महारा जाति के तहत अनुसूचित जाति के है लेकिन उच्चारण विभेद के कारण महार मेहर महरा और महारा जाति के लोगों को अनुसूचित जाति के दायरे में नहीं रखा गया था जिसे संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार ने वर्ष दो हजार सत्रह में अधिसूचना जारी कर इन उच्चारण विभेद को मान्य करते हुए सभी को अनुसूचित जाति का लाभ प्रदान किया था लेकिन शासन के निर्देश के बावजूद हाई पावर स्क्रूटनी कमेटी ने याचिकाकर्ता के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया यचिकाकर्ता के तर्को को संज्ञान मे लेते हुए न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने अगली तिथि तक हाई पॉवर स्क्रटनी कमेटी के निर्णय के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है मारपीट घायल रायप्र के पास खरोरा थाना क्षेत्र में बीती रात दो गूटों के बीच हई मारपीट में करीब छह लोग घायल हो गए हैं इनमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है मिली जानकारी के मुताबिक घोरभट्टी गांव में कुछ लोगों को शराब पीने से मना करने पर नाराज लोगों ने एक परिवार के सदस्यों पर लाठी और रॉड से हमला किया इसमें परिवार के छह लोग घायल हो गए जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जाती है

इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके आमजनों से मुलाकात करेंगी

इसके लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि कल इकतीस अक्टूबर है

इस हाथी ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है